इस टीके को भारत बायोटेक कम्पनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है टीके के परीक्षण का यह अंतिम चरण अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा

दो महीने के अंतराल के बाद फिर से देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या सात लाख से कम हो गई है

देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है

कोरोना से ठीक होने की दर नवासी प्रतिशत से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के भिलेजुले प्रयासों से मृत्यु दर भी कम होकर लगभग डेढ़ प्रतिशत रह गई है

झालावाड़ जिले में इस बार दशहरे के मौके पर कही भी रावण के पुतले नहीं जलाये जाएंगे जिले के झालरापाटन में हर साल लगने वाला राज्य स्तर का चन्द्रभागा पशु मेला इस बार नहीं भरेगा

इस बीच सीकर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत नीमकाथाना नगर पालिका की ओर से रामायण के किरदार के माध्यम से जनता को कोरोना वायरस के असर और इससे बचाव के बारे में जानकारी दी गई

झालावाड़ जिले के झालरापाटन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों और व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने बस स्टैण्ड से रैली निकाल कर जनता से मास्क लगाने की अपील की और लोगों को मास्क बांटे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा जयपुर के विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क की कलाकृति लगायी गयी है ऐसी ही एक कलाकृति का अनावरण आज जयपुर रेलवे स्टेशन पर रेल मंडल प्रबंधक मंजूषा जैन द्वारा किया गया इस अवसर पर भी पीआईबी की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने मीडियो को बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है

इस बीच प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों के उदघाटन का सिलसिला भी जारी है पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चूनाव प्रचार कर रहे हैं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में प्रचार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र हवामहल में जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे

राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया सहित विभिन्न नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिये उन्हें श्रद्वांजलि दी भाजपा कार्यालय पर प्रष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया

जोधप्र के आशापुरा गांव की जशोदा ने महिला हिंसा के खिलाफ चलाये जा रहे अभियानों का नेतृत्व किया है उन्होंने स्कूलों में जाकर लडकियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया

ये समी न्यायालय मय स्टाफ खोले जायेंगे

पूलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है उन्होंने बताया कि मामले की साजिश जेल में रची गई और आरोपियों से लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है